झारखंड के रांची में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के बदलते समय में केन्द्र सरकार का उद्वेश्य योग को देश के सुदूर अंचलों तक पहुंचाना है श्री मोदी ने कहा है कि योग भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है बदले परिवेश में इसे गांव गांव तक पहंचाना होगा उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्ष में सरकार ने योग को स्वास्थ्य से जोड़ा है ताकि इसे निरोगी काया का एक मजबूत आधार बनाया जा सके कार्यकम में आयुष मंत्री श्रीपद नाईक ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार उत्तम स्वास्थ्य के उद्देश्य से योग के लाभों के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है

मुख्य कार्यक्रम भोपाल स्थित लाल परेड़ ग्राउण्ड में हुआ यहां राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी भी कार्यक्रम शामिल हुए इसके अलावा राजभवन में भी योग दिवस का आयोजन हुआ जहां राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने अधिकारियों और लोगों के साथ योगाभ्यास किया जिलों में भी आज सुबह योग कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां मध्यप्रदेश गान के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ का संदेश का प्रसारण किया गया मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नागरिकों और विशेष रूप से युवाओं से आग्रह किया है कि वे योग को अपनायें उन्होंने कहा कि योग से न्याय और धर्म का साथ देने की प्रेरणा मिलती है

यह विधेयक पिछली एनडीए सरकार के दौरान फरवरी में जारी अध्यादेश की जगह लेगा

विघेयक में तलाक ए बिद्दत यानी एक ही बार में तीन तलाक देने के प्रचलन को कानूनन अपराध माना गया है

प्रस्तावित कानून के दुरुपयोग होने की आशंकाओं को दूर करते हुए सरकार ने संबंधित पक्षों की रक्षा के कुछ प्रावधान जोड़े हैं इनमें सुनवाई के दौरान आरोपी को जमानत देने का प्रावधान भी है

न्यायालय ने पहले कहा था कि सवाल यह नहीं है कि उसे अवधि बढ़ाने का अधिकार है कि नहीं पर असल मुद्दा यह है कि क्या डीम्ड विश्वविद्यालय और कॉलेजों को दाखिले के निर्घारित कार्यक्रम की अनदेखी करके खाली सीटें भरने की अनुमति दी जानी चाहिए इन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने दावा किया था कि इनके यहां स्नात्कोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में करीब एक हजार सीटें खाली हैं और यदि कांउसलिंग की अवधि बढ़ा दी जाए तो इन्हें भरा जा सकता है